देष हित के लिए जरूरी थे फैसले

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों में चीन के हरसंभव मदद करने को तैयार भारत जल्द ही चिकित्सा उपकरणों की भेजेगा खेप

श्री मोदी ने वाराणसी को उज्जैन और ओंकारेश्वर से जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस को इंडी दिखाकर रवाना किया उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नेतृत्व करने वाले में चरित्र समर्पण आचरण और क्षमता का होना बेहद जरूरी है तभी नेतृत्व करने वाला अपनी जिम्मेदारियों के साथ समाज और देश को सकारात्मक परिणाम दे सकता है उपराष्ट्रपति कल भारतीय प्रबंध संस्थानरांची द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप पॉलिसी एंड गवर्नेस के तहत नेतृत्व क्षमता और सुशासन विषय पर आईआईएम के छात्रों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शासक को जनता का सेवक होना चाहिए और विकास कार्यो में जनभागीदारी होनी चाहिए देश की जनता में यह विश्वास होना जरूरी है कि देश के विकास में वे योगदान कर रहे हैं साथ ही देश की जनता को लोकतंत्र पर विश्वास रखना चाहिए विकास के लिए शांति का होना पहली शर्त है उन्होंने कहा कि देश के युवा बेहतर विजन अपने स्वाभिमान के साथ आगे आएं और देश का मान ऊंचा करने में ागीदारी निर्माएं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सुशासन बेहतर सरकार की पहचान है उन्होंने कहा कि नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे आम लोगों का कल्याण हो सके जमषेदपुर दो दिवसीय झारखण्ड दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडू आज जमषेदपुर में कई कार्यक्रमों में षामिल होंगे

इसके बाद एक्स एल आर आई टाटा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे टाटा कंपनी की स्थापना के एक सौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वे टाटा स्टील का डाक टिकट जारी करेंगे

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं की उपस्थिति में झारखंड विकास मोर्चा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने समर्थकों और कार्यकर्त्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो जाएंगे इधर केंद्रीय गृहमंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल जगन्नाथपुर मैदान तक जाने और वापस आने के दौरान कारकेड की रूट में दूसरे वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा कारकेड के गुजरने के पहले संबंधित रूट में दूसरी ओर से आनेवाले वाहनों को रोक दिया जायेगा

पहली घटना गुरदारी थाना क्षेत्र के दुटुवा घाटी पर हुई जहां तीन साइकिल सवार ट्रक की चपेट में आ गए जबकि दसरी घटना में घाघरा के सहीजाना चौक के पास मोटरसाइकिल और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई वहीं तीसरी घटना में सदर थाना क्षेत्र की है जहां दो मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी जिसके कारण एक की घटना स्थल पर जबकि दूसरे की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई कोरोना वायरस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों में चीन सरकार और वहां की जनता के प्रति एक जुटता दिखाते हुए भारत ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में वह चीन के लोगों की हर संभव मदद करने को तैयार है

श्री मिस्री ने कहा कि यह मदद चीन की जनता के प्रति भारत सरकार और देशवासियों की मित्रता तथा सौहार्द को दर्शाती है

इसमें एक मामले की सुनवाई करते हुए एक कैदी को जेल से रिहा किया गया